केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की लोगों से की अपील नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान तेज़ मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में निगम चुनावों को लेकर लोगों से मांगा समर्थन

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है कांगड़ा जिर्ल के डॉ राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है

जयराम ठाकर ने कहा कि कोरोना वायरस को इस स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निगरानी तथा एहतियाती उपायों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए जयराम ठाकर ने सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विमाग को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और भीड भाड़ वाले स्थानों से बचने तथा सार्वजनिक स्थानों व परिवहन के उपयोग के दौरान हर समय मास्क पहनने का आग्रह किया इस अवसर पर विघानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे

आज कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी मी दृष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पृष्टि हई है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पडती है

ऊना में राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें रथ यात्रा को लेकर चर्चा हुई

किन्नौर जिला में उपायुक्त हेमराज बेरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस यात्रा की मार्ग निर्देशिका और कलस्टर को लेकर चर्चा हुई उपायुक्त ने बताया कि जिले के कल्पा भावा नगर उपमंडलों को अलग अलग कलस्टरों में बांटा जाएगा उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को स्वर्णिम रथ यात्रा में पंचायत राज संस्थाओं स्वय सहायता समूहों महिला व युवक मंडलों और हर कलस्टर के गणमान्य व्यक्तिायों को शामिल करने के निर्देश दिए किसान संघ भारतीय किसान संघ की राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हिमाचल को सुखा ग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है ताकि रबी की फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत मिल सके संघ ने जिलाधीशों और तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे

चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज धर्मशाला के मैक्लोड़गंज और खनियारा में धर्मशाला नगर निगम के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चनाव प्रचार किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने पिछले तीन वर्षों में भाजपा को भारी समर्थन दिया जिसके परिणामस्वरूप भाजपा ने लोकसभा विधानसभा उपचुनावों और पंचायतीराज संस्थाओं सहित शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों में जीत दर्ज की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई नई नीतियों और कार्यकमों के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का संतूलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया है उन्होंने अनावश्यक मुद्दों को उछालने और विकास से लोगों का ध्यान हटाने पर कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना की इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर ने भी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देने का आग्रह किया कांग्रेस दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपने नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेवारी सौंप दी हैं

पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने मंडी नगर निगम चनाव में पार्टी पदाधिकारियों को वार्ड वाईज प्रभारी व सह प्रभारियों के दायित्वों में कुछ बदलाव किया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार धूमल ने प्रदेश की जनता से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने का आहवान किया है धमल ने आज अपनी पत्नी सहित कोविड वैक्सीनेशन की दसरी डोज लेने के बाद कहा कि कोविड वैक्सीनेशन वैश्विक महामारी से बचने का एक उपाय है लेकिन इसके साथ साथ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है उन्होंने कहा कि सभी वैक्सीन लगवायें मास्क लगाएं स्वच्छता रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें धूमल ने कहा कि उचित सावधानी बरतने से हम खूद को अपने परिवार को और समाज व देश सहित मानवता को भी बचाएंगे

वहीं भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए पात्र परिवारों को अपनी पंचायत में आवेदन देना होगा